रेलवे ने रांची से नई दिल्ली और मुम्बई जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए दो ट्रेनें चलाने की मंजूरी दी हैं राज्य की महिलाओं की सुरक्षा के लिए डायन बिसाही प्रथा के उन्मूलन के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा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

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रम विभाग में रिक्त सत्रह सौ तैंतालीस पदों पर भर्ती संबंधी तैयारी करने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री ने कल श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग की समीक्षा के बाद यह निर्देश जारी किया मुख्यमंत्री ने झारखंड को श्रमिक प्रधान राज्य के रूप में मिली पहचान से बाहर निकालने का टास्क अधिकारियों को दिया उन्होंने कहा कि राज्य में चल रहे उद्योगों के प्रबंधकों से बात कर प्रशिक्षित नौजवानों के समायोजन की दिशा में काम करें मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पांच लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक पंजीकृत हैं उन्होंने सभी श्रमिकों को निबंधन करते हुए उनके कल्याण का निर्देश तैयार करने को कहा श्रमिकों के पलायन की स्थिति सही जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर जारी करने का भी निर्देश दिया सीएम ने बैठक में असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना चिकित्सा सहायता योजना और असंगठित कर्मकार बीमा योजना आदि पर भी चर्चा की श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य के मजदूरों को निबंधन कराने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा इससे पहले एक सौ दस रूपए निबंधन शुल्क लिया जाता था झारखंड सरकार किसानों की सुविधा के लिए विधेयक लाएगी इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी होगी इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग पर नकेल कसने के लिए भी प्रावधान किए जाएंगे कृषि विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है इस प्रस्ताव में यह भी प्रावधान किया जाएगा कि अगर कोई कंपनी व्यक्ति या कारपोरेट हाउस किसी किसान से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर फसल खरीदेगा तो कम से कम तीन साल की सजा दी जाएगी राज्य सरकार जो प्रस्ताव तैयार कर रही है उसे पहले विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि झारखंड सरकार किसानों के लिए विधेयक लाने की तैयारी कर रही है इसमें किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी भी दी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की डिजिटल क्षमता अपार है उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज के गरीब और कमजोर वर्गो को मदद प्रदान की गई उन्होंने कहा कि भारत मोबाइल तकनीक की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगा इंडिया मोबाइल कांग्रेस के चौथे संस्करण में श्री मोदी ने कहा कि मोबाइल तकनीक की मदद से लाखों भारतीयों को करोड़ों डॉलर का लाभ हुआ है उन्होंने कहा कि इस तकनीक की मदद से करोड़ों नकदी रहित लेनदेन सम्भव हुए इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत को दूरसंचार उपकरणों के डिजाइन और उत्पादन का वैश्विक केन्द्र बनाने का आह्वान किया उन्होंने फाइव जी प्रणाली को समयबद्ध तरीके से हासिल करने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने मोबाइल फोन के उत्पादन में बडी सफलता हासिल की है और देश इसके एक मुख्य केन्द्र के रूप में उभर रहा है उन्होंने कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से दूरसंचार क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अगले तीन वर्षों में हर गांव में हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है उन्होंने मोबाइल और इंटरनेट संपर्क के क्षेत्र में प्रगति की सराहना की राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक सौ बिरासी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं जबकि कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है वहीं इलाज के बाद कोरोना संकमण से एक सौ अट्ठासी मरीज ठीक हुए हैं

वहीं गोड़डा गुमला खूंटी साहेबगंज से एक एक मरीज मिले हैं राज्य में कुल संक्रमितों की आंकड़ा अब एक लाख दस हजार छह सौ उनचालीस हो गया है इनमें एक हजार सात सौ तिरपन सक्रिय मामले हैं जबकि एक लाख सात हजार आठ सौ अंठानबे मरीज ठीक हो गए हैं अब तक राज्य में कोरोना से नौ सौ अठासी लोगों की मौत हुई हैं

भारत ने कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या में लगातार गिरावट के साथ कल देश में सक्रिय मामलों का प्रतिशत चार से भी नीचे चला गया है

कोविड से मरने वालों की दर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत रह गई है

रांची से दिल्ली के लिए दूसरी राजधानी ट्रेन पंद्रह दिसंबर से सप्ताह में दो दिन चलायी जाएगी यह ट्रेन बुधवार और शनिवार को बोकारो होते हुए नई दिल्ली जाएगी जानकारी हो कि अभी एक राजधानी ट्रेन गुरूवार और रविवार को बरकाकाना होते हुए नई दिल्ली जाती है दूसरी राजधानी ट्रेन चालू होने से यात्रियों को लम्बी वेटिंग लिस्ट से निजात मिलेगी वहीं दूसरी ट्रेन रांची एलटीटी एक्सप्रेस सोलह दिसंबर से शुरू होगी यह ट्रेन रांची से यात्रियों को लेकर मुम्बई जाएगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की महिलाओं की सुरक्षा के लिए डायन बिसाही प्रथा के उन्मूलन पर काम करने का निर्देश जारी किया है मुख्यमंत्री कल महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में डायन बिसाही से संबंधित ज्यादा घटनाएं हुई हैं वहां व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए डायन प्रथा उन्मूलन के लिए सेमिनार तथा अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक करने की जरूरत है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को हर हाल में कुपोषण मुक्त बनाया जाएगा सूबे के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए गुणवतापूर्ण पौष्टिक आहार उपलब्ध होगा बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए संचालित सभी योजनाओं को प्रतिबद्वता के साथ लागू किया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत बच्चों को अंडा खिलाने का भी निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे राज्य और देश का भविष्य होते हैं बच्चों को कुपोषण से बचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता होती है मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का लाभ आम महिलाओं को भी उपलब्ध कराने का लक्ष्य विभाग के अधिकारियों को दिया इस योजना का प्रचार प्रसार रेडियो टीवी व अखबारों के माध्यमों से करने का निर्देश दिया गया कोडरमा जिले में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख कल अचानक खूंटी पहुंचे हांसा पंचायत के पेरका गांव में जब ग्रामीणों को कृषि मंत्री के रात्रि चौपाल की सूचना मिली तो गांव के बच्चे वृद्ध युवा और महिलाएं अपना काम छोड़कर कृषि मंत्री की एक झलक पाने के लिए रात्रि चौपाल में आ गये कृषि मंत्री ने वहां लगभग एक घंटे तक ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी उन्होंने गांव वालों से पूछा कि वे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे गांव से पलायन रुक जाए और यहां की जिंदगी खुशहाल हो जाए ग्रामीणों की ओर से यह प्रस्ताव आया कि उनके गांव के पेड़ का नाला में अगर एक चेक डैम बना दिया जाए वहां सोलर आधारित सिंचाई सिस्टम के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचा दिया जाए तो गांव की समस्याए दूर हो सकेंगी इससे ग्रामीण साग सब्जी की खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बना पाएंगे मंत्री ने कहा कि गांव में डैम बनेगा लेकिन जब तक डैम नहीं बन जाता तब तक यहां बोरीबांध का निर्माण किया जाएगा बोरीबांध के निर्माण के लिए उन्होंने अपने वेतन मद से पांच हजार रूपये भी दिए उन्होंने कहा कि बोरीबांध निर्माण में वे खुद और जिले के अधिकारी भी श्रमदान करेंगे अखबारों की सुर्खियां आईये अब सुनते हैं राज्य से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से छापा है राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने किसान आंदोलन और उनके द्वारा कल बुलाये गए भारत बन्द से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक हिंदुस्तान ने रांची में सड़कों पर सिमटा बंद खबर को पहले पन्ने की लीड खबर बनाया है वहीं प्रभात खबर ने कृषि बल के विरोध में झारखंड में बंद शांतिपूर्ण यातायात प्रभावित खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है दैनिक भास्कर ने कृषि कानून में संशोधन करेगा झारखंड एसएमपी की गारंटी खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है दैनिक जागरण ने बढ़ा गतिरोध आज की बैठक टली खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनायी है रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान श्रमिक प्रधान राज्य से झारखंड को बाहर निकालेंगे को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने किसानों द्वारा बुलाये गए भारत बंद की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है